केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हरियाणा से सम्बधित दस रेलवे परियोजनायें योजनाबंदी स्वीकृति और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि भूमि बैंक की अवधारणा पर लगातार काम किया जा रहा है बिजली एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि पराली प्रबंधन के लिए रानियां कैथल करनाल और फतेहाबाद में बड़े संयंत्र लगाये जायेंगे भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज गोवा के पणजी में भारतीय एवं विश्व फिल्म उद्योग के कई सितारों को उपस्थिति में शुरू हो गया केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण प्रकाश जावड़ेकर ने इस स्वर्ण जयंती फिल्म समारोह के उदघाटन के अवसर पर कहा कि भारत फिल्मों के माध्यम से द्निया में अपनी कोमलता की शक्ति का इज़हार कर रहा है उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्में पूरी द्रनिया में पसंद की जा रही है और इसके दर्शकों में भी वृद्वि हुई है इस मौके पर श्री जावड़ेकर ने बताया कि देश में फिल्म की शूटिंग करने के लिए सभी अन्मतियां एक ही जगह देने के लिए सिंगल विंडो खोली गई है उनहोंने भारतीय फिल्म उद्योग को दृष्टि से जूझ रहे दिव्यांगों के लिए फिल्मे बनाने की अपील भी की इस अवसर पर उन्होंने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की उपस्थिति में जाने माने सुपर स्टार रजंनीकांत को आईकोन ऑफ जुबली अवार्ड से सम्मानित भी किया केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हरियाणा में पूर्ण और आशिंक रूप से पढ़ने वाली सात नई पटरियों गेज़ बदलने की परियोजना और पटरी दोहरी करने की तीन परियोजनायें योजनाबंदी स्वीकृति और काम शुरू करने के विभिन्न चरणों में है

रेलमंत्री ने कहा कि किसी भी रेलवे परियोजना का समय पर पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण वन विभाग की मंजूरी एवं अन्य मुद्दों पर निर्भर करता है कानून एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने लंबित पड़े कानूनी मामले तेज़ी से निपटाने के लिए न्यायपालिका को हर तरह की ब्नियादी सुविधायें एंव अन्य सहायता उपलब्ध कराई है वे आज लोकसभा में प्रशन काल के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब दे रहे थे

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशें से अनुरोध किया गया है कि वे दस साल से ज्याद पुराने मामले निपटाने के लिए सक्रिय कदम उठाये कानून मंत्री ने कहा कि जहां तक उन कैदियों का सम्बध है जिन पर अभी मुकदमा चल रहा है और वे संभावी सजा का आधा समय भ्गत चुके है उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए पंचकूला हिंसा मामले में आज पंचकूला की अदालत से सभी आरोपियों पर आरोप तयह किये गये हमारी संवाददाता ने बताया कि इस मामले में आरोपी हनीप्रीत भी आरोपियों के साथ पेश हुई

लाल डोरे से मुक्त होने वाला ये प्रदेश का पहला गांव होगा चंडीगढ़ में आज एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कृषि निजी व सरकारी विभागों की भूमि सहित सभी प्रकार की संपतियों की टैगिंग करने और इन्हे अलग अलग ढंग से चिनिहत करने के निर्देश भी दिये ये जानकारी देते हये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल को लाल डोरे के अंदर की ग्राम पंचायत की सम्पतियों के रिकार्ड का ब्यौरा भारतीय सर्वेक्षण को उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिये है केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा को आश्वासन दिया कि सरकारी बीएनएनएल पुर्नऊधार और इसे लाभाकारी बनाने के लिए प्रतिबद्व है चित्र निर्वाचन क्षेत्र से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी क सांसद एन रेड्डीप्या द्वारा उठाये गये एक सवाल का जवाब देते हये मंत्री ने कहा कि जब बीएसएनएल के आधे कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का विकल्प चुना है तो सरकार बीएसएनएल को कैसे चलायेंगी देश भर में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूर संचार सम्पर्क में तेज़ी लाने के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं का मंजूरी दी है और उन्हें लागू किया है

उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री द्वारा चंडीगढ़ में ई भूमि कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति व ई भूमि पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री द्वष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भूमि के विवादों को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करने पर विचार कर रही हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटी जोत वाले या छोटे भूमि के ट्रकडों को एकत्रित करके सहयोग के आधार पर पर खेती करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि खेती से अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकें अधिकारियों को भूमि की तकसीम मामलों को निपटाने के लिए जल्द से जल्द कोई तंत्र या व्यवस्था तैयार करने के निर्देश भी दिये गये है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को व्यायामशालाएं और वैलनेस सेंटर स्थापित करने और गांवों में चकबंदी मुकम्मल करवाने के निर्देश दिये है हरियाणा के उप म्र्ख्यमंत्री श्री द्वष्यंत चौटाला ने आज नागरिक उड़डयन विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना पर समीक्षा की उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पहले हवाई अड्डे हिसार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से भी चर्चा की है तथा गत दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि तीन चरणों में विस्तार किया जाना है उन्होंने कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर वायु सेना व सेना के विमानों और हेलिकॉप्टरों की सर्विस के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल का मेंटेनेंस रिपेयर और ऑवरहॉल एमआरओ हब स्थापित करने का अनुरोध केन्द्र सरकार को पहले ही किया जा चुका है बिजली एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पराली प्रबंधन को लेकर रानियां सहित करनाल कैथल व फतेहाबाद में चार बड़े प्रबंधन संयंत्र लगाये जायेंगे वे आज सिरसा में लोगों की समस्यायें सुनने के बाद मीडिया को सम्बोधित कर रहे थे उनहोंने कहा कि ये संयंत्र निजी कंपनियों के सहयोग से स्थपित किये जायेंगे जिनमें प्रस्ताव मिलने श्रू हो गये है उन्होंने कहा िक अगले सीज़न से किसानों को पराली नही जलानी पड़ेगी मंत्री ने कहा कि नशे के खात्मे को लेकर प्रदेश के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और गृहमंत्री श्री अनिल विज ने भी चर्चा हो चुकी है और नशे को रोकने के लिए हर जिले के सहायक अधीक्षक को निर्देश दिये गये है नशे को रोकने में किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

मिल द्वारा इस बार एक करोड़ साठ लाख क्विंटल् गन्ना पिराई का लक्ष्य रखा गया है

हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की भर्ती प्राथमिकता आधार पर करने भवन निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करवाने और सभी आईटीआई में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के निर्देश दिए हैं